पिछले चौबीस घंटों में कोरोना के बैयालीस नए मामले सामने आए इनमें रिम्स के दो चिकित्सक भी शामिल राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक हजार सात सौ छियासठ राज्य सरकार ने सक्षम लोगों से अपना राशन कार्ड लौटाने को कहा है जांच में पकड़े जाने पर कानुनी कार्रवाई की जाएगी मौसम विभाग ने कहा आज से पूरे राज्य में मानसून हो जाएगा सक्रिय जामताड़ा जमषेदपुर चाईबासा चतरा लोहरदगा समेत कई जिलों में भारी बारिष झारखंड के लिए राहत की खबर है

रांची से मिले संक्रमित मरीजों में रिम्स के दो चिकित्सक भी शामिल हैं कल पूर्वी सिंहभूम से चौदह सिमडेगा से चौदह रांची से नौ हजारीबाग से एक ग्रमला से एक चतरा से एक पष्चिमी सिंहभूम से एक और गिरिडीह से भी एक मरीज मिले हैं राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में सबसे अधिक सक्रिय मरीज हैं

पिछले चौबीस घंटों के दौरान आठ हजार से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने की दर संकेत करती है कि संक्रमण से पीड़ित आधे से अधिक लोग स्वस्थ हो गए हैं उचित समय से संक्रमण की पहचान और बेहतर चिकित्सा प्रबन्धन से स्वस्थ होने की दर बढी है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की जांच के लिए परीक्षण प्रक्रिया तेज कर दी है सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढकर छह सौ छियालीस और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या दो सौ सैतालीस हो गई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक लाख इक्यावन हजार व्यक्तियों की जांच की गई है

केन्द्र सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रहा सख्त लॉकडाउन लगाने का दावा करने वाला संदेश असत्य है एक ऐसा ही संदेश फेसबुक पर चल रहा है जिसमें दावा किया गया है कि अठारह जून से सख्त लॉकडाउन लागू होगा प्रेस सूचना कार्यालय पीआईबी ने ट्वीट में कहा है कि ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं चल रहा है पीआईबी ने लोगों से अफवाहों से बचने का आग्रह किया है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

भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम एवं नवरत्न कंपनी एनटीपीसी ने हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल को आठ वेंटीलेटर प्रदान किया है इसके साथ ही एनटीपीसी हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन पाइप लाइन व्यवस्था लगवा रही है इसके लगने से हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर इलाज सुविधा उपलब्ध होगी

सांसद निशिकांत दबे ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यहां के लोगों से वार्ता की थी

गिरिडीह जिले में केन्द्र और राज्य सरकार की एक हजार से अधिक योजनाओं की स्वीकृति दी गई है बाहर से आये प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा के अलावा इन सभी योजनाओं में काम मिल सकता है उपाय्क्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि समी कार्यकारी एजेंसियों को आदेश दिया है कि जिले में चलने वाली योजनाओं का व्यापक स्तर पर होर्डिंग के माध्यम से प्रचार किया जाय कि कौन कौन सी योजनाए कहां संचालित है जिससे मजदुरों को काम मिलने में आसानी होगी गोड़डा जिले के सभी प्रखंडो में प्रवासी श्रमिकों के निबंधन के लिए श्रम विभाग द्वारा शिविर लगाया जा रहा है इस शिविर में जिले के वैसे श्रमिक जो बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य के लिए इच्छुक हैं वे निबंधन करा सकते हैं उपायुक्त किरण कुमारी पासी ने बताया कि निबंधन के लिए दो फोटोग्राफ आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की छायाप्रति लाना आवश्यक है

बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बोकारो जिले में एक हजार एकड भुमि में एक लाख बारह हजार फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है

वन विभाग ने इस बरसात के मौसम में गिरिडीह में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने का फैसला किया है इसके लिए खाली स्थानों पर गड्डा खोदने का काम शुरू कर दिया गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अठाइस जून को मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है श्री मोदी ने एक टवीट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो एक सौ तीस करोड भारतीयों की क्षमता प्रदर्शित करता है उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के प्रसारण में अभी दो सप्ताह है लेकिन लोग अपने विचार एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो एप पर भेज सकते हैं

इस सिलसिले में जिले के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई तथा उद्यानिकी के क्षेत्र को बढ़ाने की योजना बनाई गई उपायुक्त ने बताया कि इस वर्ष जिले में करीब पांच सौ एकड़ जमीन पर माइक्रो इरीगेशन टपक सिंचाई के माध्यम से खेती का विस्तार किया जाएगा नीति आयोग द्वारा पलामू जिले को दिए गए अवार्ड की राशि का उपयोग किसानों को सोलर पंप ड्रिप तथा स्प्रिंकलर पर सब्सिडी देने में किया जाएगा